ने झारखंड में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में कोविड से संबंधित मुद्दों और टीकाकरण की समीक्षा के लिए इस समय इस समय एक उच्चस्तरीय बैठक कर रहे हैं सूत्रों ने बताया कि बैठक में कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं कोरोना संकमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हए राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है

इस अभियान के तहत रोजाना एक लाख पचास हजार लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है विभागीय सचिव केके सोन ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि चार से पांच सात से आठ दस से ग्यारह और तेरह से चौदह अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जायेगा इस बार यह टीकाकरण अभियान पंचायत स्तर पर चलेगा लाभुकों को केवल आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केन्द्र तक जाना है

राज्य में संक्रमण तेजी से फैल रहा है स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और नियंत्रण क्षेत्र बनाने को कहा है

केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए कोविड टीकाकरण का अब से कोई नया पंजीकरण नहीं होगा स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ अपात्र लाभार्थी टीकाकरण के लिए इस श्रेणी में अपने नाम पंजीकृत करा रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन है उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस श्रेणी में पहले से पंजीकृत कर्मियों का टीकाकरण शीघ्र पूरा करने को कहा

उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायड् ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान एम्स में कोविड के टीके की दूसरी खुराक लगवाई श्री नायडू ने उन सभी लोगों से जल्द ही कोरोना का टीका लगवाने की अपील की जो पात्र श्रेणी में शामिल हैं उन्होंने यह आग्रह भी किया कि देश के कुछ भागों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सभी को हर तरह की सावधानी का पूरी तरह पालन करना चाहिए

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भंजंत्री ने बताया कि चुनाव मैदान में भाजपा के गंगा नारायण सिंह और झामुमो के हफिज़ुल हसन के अलावा चार निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार ठाकुर उत्तम कुमार यादव किशन बथवाल और राजेन्द्र कुमार है इससे पूर्व उन्होंने चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की उपायुक्त ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं अतिसंवेदनशील और संवेदनशील ब्रथों पर केन्द्रीय सुरक्षाबल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है

इस राशि को एक लाख चौदह हजार तीन सौ बाईस खातों में जमा कराया गया आर्थिक सशक्तिकरण और नौकरियों के सुजन पर ध्यान केन्द्रीत करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पांच अप्रैल दो हजार सोलह को यह योजना शुरू की गई थी इस योजना का वर्ष दो हजार पच्चीस तक विस्तार किया गया है इसका उद्देश्य महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है सरकार ने वस्तु और सेवाकर जीएसटी स्कीम के तहत तिमाही रिटर्न भरने वालों के लिए कर भुगतान को अधिक आसान बना दिया है अब करदाता प्रत्येक तिमाही के अंतिम महीने में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही संबंधी एनवायस की घोषणा भी कर सकेंगे

जामताड़ा के पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भईया के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुःख व्यक्त किया है अपने ट्विट संदेश में श्री सोरेन ने कहा है कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस दुःख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात रांची के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी विष्णु भईया किडनी रोग से ग्रसित थे पूर्व में सोलह मार्च को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रिम्स के किटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था

कल रात हुई इस आगजनी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है महगामा की विधायक दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा है कि इस घटना के शिकार पीड़ितों के साथ सरकार है सभी पीड़ितों को तत्काल आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है ईस्टर का पर्व आज विश्वभर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर पर देशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे ईसा मसीह से प्रेरणा लेकर शांति प्रेम और आपसी भाई चारे के गुणों को अपनाएं उप राष्ट्रपति एमवेंकैया नायड् ने कहा है कि ईसा मसीह ने प्रेम शांति और क्षमा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक सशक्तिकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनियाभर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईस्टर पर राज्यवासियों को श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा है कि प्रभ् ईसा मसीह द्वारा दिया गया प्रेम करूणा और मानवीय मूल्यों का संदेश हमें करूणामयी संवेदनशील और सशक्त समाज बनाने की प्रेरणा देता है

बैठक में संघ की नयी कार्यकारिणी की घोषणा की जायेगी इसमें बंगाल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष स्वपन बनर्जी भारतीय संघ की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं